प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली में मुद्रा योजना से लाभांवित एक सौ से ज्यादा उद्यमियों से मुलाकात करेंगे यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित किया गया है प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि वह युवा लाभांवितों से मिलने के लिए उत्सुक हैं और उनसे मिलकर व्यक्तिगत रूप से इन उद्यमियों के प्रयासों तथा उनकी संघर्ष यात्रा के बारे में सुनना जानना अनूठा अनुभव रहेगा गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरूआत साल दो हजार पन्द्रह में की गयी जिसके तहत युवाओं को बगैर गारंटी और आसानी से ऋण उपलब्ध करा कर उनके बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नई दिल्ली में भाजपा सांसदों के साथ कल दिनभर का उपवास करेंगे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में कांग्रेस संसदों द्वारा गतिरोध डालने के विरोध में उपवास का यह कार्यक्रम रखा गया है इस दौरान प्रधानमंत्री मुलाकात के कार्यक्रम और सरकारी फाईलों के निपटारे का अपना दैनिक कार्यक्रम पहले की तरह जारी रखेंगे इधर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आज कर्टनाटक के हुगली में उपवास पर बैठेंगे पार्टी के सभी सांसद अपने अपने चूनाव क्षेत्रों में उपवास करेंगे राज्य के दो नये विश्वविद्यालय पाटलिपुत्र और मुंगेर का गठन हो गया है शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है अपर सचिव मनोज कुमार ने बताया कि पटना और नालंदा में स्थित मगध विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज पाटलिपूत्र विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आयेंगे जबकि मुंगेर विश्वविद्यालय में मुंगेर प्रमंडल में आने वाले सभी कॉलेज शामिल होंगे जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अठारह मार्च से ही शिक्षक और शिक्षेकत्तर कर्मियों की सेवा भी नए विश्वविद्यालय के अधीन मानी जायेगी वहीं पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के बर्खास्त किये गये पांच कर्मचारियों को पुनः बहाल कर दिया गया है केन्द्र सरकार ने पिछले वर्ष आयी बाढ़ से हुये नुकसान की भरपाई के लिए बिहार को सत्रह सौ करोड़ रूपये की सहायता दी है राशि निर्गत किये जाने संबंधी पत्र राज्य आपदा प्रबंध विभाग को मिल गया है आपदा प्रबंधन मंत्री दिनेश चन्द्र यादव ने बताया कि केन्द्र से आपदा मद में राज्य को मिली यह राशि अब तक की सबसे बड़ी राशि है राज्य सरकार की मांग पर केन्द्र की उच्च स्तरीय समिति ने इस राशि को मंजूरी दी कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएफ पेंशनभोगी अब आधार के बिना या आधार के अंगूलियों के निशान न मिलने की स्थिति में भी जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पेंशन का लाभ ले सकते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने दिशा निर्देशों में बैंकों से कहा है कि जरूरत पड़ने पर पेंशनभोगी की पहचान के लिए वैकल्पिक तरीके भी अपनाये इस संबंध में पेंशन वितरण करने वाले सभी बैंकों और डाक सेवाओं के प्रमुखों को पत्र भेजा गया है प्रदेश के जेलों में एक्स रे मशीन और पेथोलॉजिकल सैंपल सेंटर की स्थापना की जायेगी राज्य सरकार ने गृह कारा विभाग के इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है पहले चरण में प्रदेश की आठ सेन्ट्रल जेलों में यह व्यवस्था शुरू की जा रही है इसके लिए सभी जेलों में एक्स रे टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशिस की तैनाती की जायेगी भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों में ग्राहक बिना सीमा के सिक्के जमा कर सकते हैं अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एक दो पांच और दस रूपये के सभी सिक्कों को स्वीकार नहीं करना अपराध की श्रेणी में आता है बैंक अपने ग्राहकों से सिक्के जमा लेने से इनकार नहीं कर सकते हैं सिक्कों के विनियम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पटना में एक काउंटर भी स्थापित किया है मौसम विभाग ने राजधानी पटना सहित राज्य के उत्तर पूर्वी इलाकों में अगले अड़तालीस घंटे के दौरान आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है इस दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट होगी मौसम विभाग ने कहा है कि साईक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरने के कारण मौसम में बदलाव देखा जा रहा है इधर राज्य के उत्तरी इलाकों में कल ग्यारह एमएम बारिश रिकॉर्ड कि गयी गोपालगंज सीवान मुजफ्फरपुर बेगूसराय सहित कई जिलों में बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है इधर शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड के सुरगाही गांव में वजपात से एक महिला की मौत हो गयी वहीं मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर प्रखंड के सिवाई पट्टी में ठनका गिरने से बारह लोग घायल हो गये हैं सभी लोग खेत में गेहूँ के कटनी में लगे थे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर और मैट्रिक परीक्षा से संबंधित लंबित शिकायतों के निपटारे के लिए चौदह अप्रैल तक समय निर्धारित किया है समिति ने स्पष्ट किया है कि छात्रों के लंबित आवेदन चौदह अप्रैल तक नहीं निपटाये गये तो संबंधित प्रमंडल के प्रशाखा पदाधिकारी पर कार्यवाई होगी गौरतलब है कि लंबित मामलों में कई छात्रों का वर्ष दो हजार सत्रह का त्रुटीपूर्ण रिजल्ट भी शामिल हैं भागलपुर और पटना के राजेन्द्र नगर टर्मिनल के बीच जनशताब्दी एक्सप्रेस के परिचालन को लेकर रेलवे बोर्ड ने अपनी सहमति दे दी है जुलाई के बाद इस ट्रेन का परिचालन शुरू होने की सम्भावना है मालदा रेल मंडल ने वर्ष दो हजार सत्रह में इससे संबंधित प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा था इस ट्रेन के परिचालन से भागलपुर और पटना के बीच की दूरी सिर्फ साढ़े चार घंटे में पूरी की जा सकेगी स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ पत्रकार काशी प्रसाद का देर रात मुंगेर में निधन हो गया वे चौरानवे वर्ष के थे भारत छोड़ों आंदोलन में उन्होंने ने उल्लेखनीय भूमिका निभायी थी श्री प्रसाद ने अपने पत्रकारिता के सेवाकाल में देश के ख्याति प्राप्त अंग्रेजी और हिन्दी अखबारों के लिए योगदान दिया और साथ ही आकाशवाणी से भी जुड़े रहें पूर्णियां में खेली जा रही आठवीं राज्य जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का फाईनल मुकाबला आज बक्सर और पूर्णिया के बीच होगा कल खेले गये सेमीफाइनल में बक्सर ने पटना को तीन एक से जबकि द्रसरे सेमीफाइनल मुकाबले में पूर्णियां ने एक तरफा मैच में खगड़िया को पांच शून्य से पराजित किया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 सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की खबर को हिन्दुस्तान ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मोतिहारी के गांधी मैदान में बीस हजार स्वच्छाग्रहियों को संबोधित किया कहा ये स्वच्छाग्रही हमारे हजारों हाथ की तरह है मैं अब हजारों हाथ वाला पीएम एक अन्य खबर पर अखबार लिखता है केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राज्यों को सरकारी दस्तावेजों में अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के लिए दलित शब्द का इस्तेमाल न करने का निर्देश जारी किया दैनिक भास्कर की सुर्खी है भारत बंद के दौरान बिहार के कई शहरों में उपद्रव फायरिंग जगह जगह ट्रेने रोकी मुजफ्फरपुर आरा में दो गुटों में भिड़ंत दैनिक जागरण ने निजता पर केन्द्र सरकार की दलिलें खारिज की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है आज अखबार का शीर्षक है टेंडर घोटाले में लालू के घर सीबीआई का छापा राबड़ी और तेजस्वी से पूछताछ राष्ट्रीय सहारा ने अपने खेल पन्नों पर शीर्षक बनाते हुये लिखा है कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय पुरूष और महिला हॉकी टीमें सेमीफाइनल में